प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या हुई सड़सठ हजार दो सौ सत्तासी अब तक राज्य में की गई छिहत्तर लाख छत्तीस हजार से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच

इन विधेयकों का उद्देश्य होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्वति के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है

इसमें कृछ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा

एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को फिर राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है सदन में सदस्यों ने ध्वनि मत से उनके नाम का अनुमोदन किया भारतीय जनता पार्टी के जे पी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने मंजूर कर लिया बाद में सभापति एम वेंकैया नायड् ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की श्री हरिवंश को बधाई देते हए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड सांसद सभी रूप में लोकप्रिय है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है वहीं अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है येथाव ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है उनकी जो कार्यशैली है जिस तरह सदन की कार्रवाई को वो चलाते हैं उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है सदन में निष्पक्ष रूप से आत्मभूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है

इस दौरान देश भर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गौतम बुद्दनगर के छपरौली गांव से इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है

भारत की सेवा जनता की सेवा दीनदयाल की सेवा दलीत की सेवा पिछडे की सेवा शोषित की सेवा जो समाज के अंतिम पायदान पर खडा है उसकी सेवा करना यह उनके जीवन का ध्येय रहा लक्ष्य रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार निवेशकों और आम जनता को सरल और सहज सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि निवेशक और आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर प्राप्त होना चाहिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में ईज ऑफ ड्इंग बिजनेश के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि निवेशकों और जनता के हित में लाइसेंस प्रक्रिया का पूरी तरह से सरलीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार उन्नीस की रैंकिंग में प्रदेश बारहवें पायदान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर आ गया है दो हजार सोलह में राज्य चौदहवें स्थान पर था मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेश आगामी चरण के लिये अधिक प्रयास करते हुए सभी विभाग और सरकारी एजेंसियां प्रदेश का प्रदर्शन और बेहतर बनाये प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रमुख सरकारी भवनों औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिये विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है इस बल की सेवाएं भुगतान के आधार पर प्राइवेट कम्पनिया भी हासिल कर सकेंगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी इस बल का मुखिया बनाया जायेगा शुरूआत में इस बल की पांच बटालियन गठित की जायेंगी इस विशेष सुरक्षा बल का संचालन अलग कानून के अधीन होगा इस बल को बिना किसी वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार रहेगा पहले चरण में नौ हजार नौ सौ उन्नीस कार्मिकों की भर्ती की जायेगी बाद में एक हजार नौ सौ तेरह अतिरिक्त पद इस बल के लिये सुजित किये जायेंगे शुरूआती पांच बटालियन गठित करने में सरकार का एक हजार सात सौ सैंतालिस करोड़ रूपया खर्च होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांटेक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि काटेक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिये सर्विलांस टीम की संख्या में वृद्वि की जाये

उन्होंने अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में आक्सीजन की कमी न होने देने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज गोरखपुर वाराणसी और मेरठ में समी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पूरी गुणवत्ता और क्षमता से कार्य करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ स्थित केजीएमयू एसजीपीजीआई और आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइस द्वारा एक हजार आईसीयू बेड़स की व्यवस्था की जाये

प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय सड़सठ हजार दो सौ सत्तासी हो गई है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों से ज्यादा है

इस समय प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या बीस हजार छः सौ छब्बीस है जिसमें सोलह लाख सात हजार मकान चिन्हित है

अब तक प्रदेश में छिहत्तर लाख छत्तीस हजार से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान सतहत्तर हजार से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं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

प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कल दिन भर बादल छाये रहे और कहीं कहीं हल्की से लेकर सामान्य बर्षा हुई